शिमलॉ स्थित राजभवन में आयोजित अलंकरण समारोह में आज उन्होंने ये पदक प्रदान किए

राज्यपाल ने विशिष्ट सेवा के लिए एपी सिद्धिकी रामदेव परशोतम चंद और अशोक तिवारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा

बंडारू दत्तात्रेय ने सराहनीय सेवा के लिए तीन सुधार सेवा पदक और दो राष्ट्रपति गृहरक्षा व नागरिक सुरक्षा सम्मान भी प्रदान किए

इस अवसर पर राज्यपाल ने सम्मानित व्यक्तियों को सम्बोधित करते हुए उम्मीद जताई कि हिमाचल में नशे के खिलाफ ये सभी व्यापक अभियान चलाएंगे उन्होंने कहा कि नशे के ँखिलाफ सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में पुलिस की भी अहम भूमिका रहती है बिंदल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली जीत पर बधाई दी है उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनमत महत्वपूर्ण रहता है और भाजपा इस जनमत को स्वीकार करती है

उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के कॉरण पार्टी का वोट प्रतिशत पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में बढ़ा है

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम अपेक्षा के अनुसार न आने पर लोकतंत्र के जनमत का सम्मान किया है शिमला से जारी एक बैयान में उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों ने भाजपा को उसकी तानाशाही पर करारा जवाब दिया है कुलदीप राठौर ने कहा कि भाजपा के साथ साथ केन्द्र में एनडीए सरकार की भी एक बड़ी हार हुई है

समिति के सदस्यों ने आज उड़ीसा विधानसभा के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यप्रणाली की जानकारी ली और हिमाचल विधानसभा की ई विधान प्रणाली के बारे बताया विक्रमादित्य शिमला ग्रामीण विधानसभा के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट कर उनके विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यो के लोकार्पण करने की मांग की

पहली उड़ान भूंतर अजोग भूंतर और दूसरी भूंतर तांदी डाईट भूंतर के बीच भरी जाएगी

उपायुक्त विवेक भाटिया ने लाभार्थी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का आहवान किया है ताकि उन्हें इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ मिल सकें

स्कीई ग युवा सेवा व खेल विभाग द्वारा लाहौल स्पिति जिला मुख्यालय केलंग के समीप शुरदंग की ढलानों में स्कूली बँच्वों के लिए स्कीईग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया